निर्वाचन विभाग ने कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां की पूरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान की अपील की घूंघट में मतदान करने वाली महिलाओं की तस्दीक के लिए मतदान केन्द्रों पर महिला कार्मिक नियुक्त बिना बिजली वाले केन्द्रों पर सौर ऊर्जा के जरिए होगी व्यवस्था स्वीप अभियान के तहत आज भी आयोजित की गई कई गतिविधियां बीकानेर में शुरू हुआ सतरंगी सप्ताह हनुमानगढ़ में किया गया दीपदान

इस बार लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम के साथ वीवीपेट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा इस चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ राजसमंद भीलवाडा बांसवाडा ड्रंगरपुर कोटा तथा झालावाड बारां सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे इस चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गृह सीटों सहित दो केंद्रीय मंत्रियों और नौ सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि निष्पक्ष पारदर्शी और भयमुक्त मतदान के लिए सभी इन्तजाम सुनिश्चित किए गए है उन्होंने मतदाताओं से लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ करने के लिए निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है श्री आनन्द क्मार ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं विशेषकर दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष इन्तजाम किए गए है

इस बीच मतदान टोलियां अपने केन्द्रों पर पहुंचने लगी है मतदानकर्मियों ने सभी आवश्यक साधनों के साथ निर्धारित केन्द्रों पर जिम्मेदारियां संभाल ली है मतदान वाले सभी जिलों में कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक संस्थान बंद रहेगें व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निर्देश दिए गए है कि वे प्रतिष्ठान बंद रखकर अपने कर्मचारियों को मतदान का समय दें

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी कल चूरू जिले के सरदारशहर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे

इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज अलवर और भरतपुर में जनसभाओं को सम्बोधित किया उन्होंने भरतपुर की सभा में भाजपा और कांग्रेस पर निशाना सांधते हुए केन्द्र पर दलितों और व्यापारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया

पश्चिमी इलाकों के ऐसे केन्द्र जहां बिजली नहीं है वहां सौर ऊर्जा के जरिए बिजली की व्यवस्था की गई है हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि पश्चिमी जिलों में महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जी वोटिंग से बचने के लिए निर्वाचन विभाग ने यह तैयारी की है

बीकानेर में मतदान के लिए एक हफ्ते का समय शेष रहते सतरंगी सप्ताह की शुरूआत हुई स्वीप के सहप्रभारी ने बताया कि सप्ताह के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी हनुमानगढ़ में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि दूसरे चरण में होने वाले इस क्षेत्र के चुनाव के लिये प्रचार चरम पर है

दिन में पड़ रही चिलचिलाती धूप से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है

मैसम विभाग ने अगले दो दिनों में कई इलाकों में लू की चेतावनी दी है इधर सीकर में तेज गर्मी को देखते हए जिला कलेक्टर ने सभी विद्यालयों में आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय सुबह साढे सात बजे से दोपहर बारह बजे तक कर दिया है